साठ सीटों वाली विधानसभा के लिए हुए चुनावो में इक्तालीस सीटों पर शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की आज ईटानगर में विधायक दल की बैठक हुई जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड़डा राम माधव और पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हेमंता बिश्वा सरमा मौजूद थे पेमा खांडू को विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुना गया बाद में श्री खांडू ने राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया राज्यपाल ने नव निर्वाचित पार्टी विधायक दलों के समर्थन की चिट्ठी को स्वीकार करते हुए श्री खांडू को उन्तीस मई को अपनी सरकार बनाने को आमंत्रित किया है राजभवन परिसर में संवाददाताओ से बातचीत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि बैंक्वेट हॉल में हुई विधायक दल की बैठक में वरिष्ठ नेता चउना मेन ने मुख्यमंत्री पद के लिए पेमा खांड्र के नाम का प्रस्ताव रखा बाद में तीन वरिष्ठ सदस्यों ने इनका समर्थन किया और इसके बाद सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सर्वसम्मति से श्री खांड्र को भाजपा विधायक दल का नेता चुना श्री खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सरकार बनाने जा रही है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में असली चुनौतिया सामने आएगी क्योंकि हमारी नई सरकार से लोगो को कई उम्मीदे और आकांक्षाए है

अपने संदेश में बौद्ध भिक्षु ने श्री खांडू को अरुणाचल के लोगो की उम्मीदो और आकांक्षाओ को पूरा करने से जुड़ी चुनौतियों को पूरा करने में हर सफलता की कामना की

एन पी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली स्थित पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान श्री मिथी को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया हालही में आयोजित राज्य विधानसभा चुनाव में एन पी पी ने अरुणाचल प्रदेश के राजनीति में पहला कदम रखते हुए साठ सदस्यीय सीटों में पांच सीटे जीती बैठक में उपस्थित सदस्यों ने मुख्य मंत्री पेमा खांडू को राज्य विधानसभा में उनकी पार्टी को मिली इक्तालीस सीटे और लोकसभा को दोनो सीटो पर विजय रहने के लिए बधाई दी पार्टी ने उम्मीद जताई कि श्री खांड् के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए अपना पूरा योगदान देगा

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अरुणाचल और क्षेत्र के अन्य भागो में एक साथ हुए मतदान के परिणामों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जे डी यू के पूर्वोत्तर कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष एन एस एन लोथा ने बताया कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी हालही के चुनाव में सात सीटें जीतने के बाद जनता दल यूनाईटेड अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के बाद द्रसरी सबसे बड़ी पार्टी के रुप में उभरी है

गत इक्कीस मई को तिरप जिलें में संदिध्त नागा मिलिटेंट द्वारा श्री अबोह सहित अन्य लोगो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी मंत्रिमंडल ने मारे गए लोगो के आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा मंत्रिमंडल ने लोगो की सेवा के लिए श्री अबोह द्वारा किए गए कार्यो को याद करते हुए इस घटना की कड़ी निन्दा की है

पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी की वेस्ट सियांग जिला इकाई द्वारा दायर एफ आई आर के आधार पर छात्र की गिरफ्तारी की पुलिस ने कथित अपराधी की पहचान करने के बाद पोक्सो अधिनियम की धारा चौदह और अन्य संबंधित धाराओ के तहत अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज किया है

आज का अधिकतम तापमान सत्ताइस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बाईस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक दशमलव एक मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया